न्यायवादी अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर अम्बेदकर ने समाज के वंचित वर्गों के प्रति सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के लिए जीवन भर अथक प्रयास किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर को उनकी जयंती पर नमन किया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा इधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर की जयंती पर शिमला के चौड़ा मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पाजंलि अर्पित करेंगे अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आज से हमीरपुर जिले के सुजानपुर व भोरंज विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे उनका आज सुजानपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है अनुराग ठाकुर कल भोरंज क्षेत्र के अवाहदेवी में टेलीमेडिसन सुविधा का लोकार्पण करेंगे और धमरोल में जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे रमजान रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है उन्होंने कहा कि इससे समानता भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है नवरात्रे चैत्र नवरात्रे के आज दूसरे दिन मां दुर्गा के माता ब्रहाम्वारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है मां ब्रहाम्वारिणी ज्ञान पैराग्य और ध्यान की अधिष्ठात्री हैं प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित सभी मंदिरों में श्रद्वालु कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहें है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने नगर निगमों में महापौर व उप महापौर चूने जाने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है सोलन में कोरम रहा अधूरा हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच कांग्रेस ने शिमला ठहराए पार्षद पंजाब केसरी का शीर्षक है धर्मशाला मंडी में भाजपा पालमपुर में कांग्रेस की मेयर सोलन में फंसा पेंच

दैनिक भास्कर का कहना है मंडी पालमपुर को पहली बार मिले मेयर डिप्टी मेयर धर्मशाला में भाजपा का कब्जा दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सोलन नगर निगम में भाजपा ने नचाई कांग्रेस जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार पालमपुर में बुटेल परिवार के तिलिस्म को तोड़ने में भाजपा नाकाम

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान पर दैनिक भास्कर व आपका फैसला के लगभग एक जैसे शब्द हैं कोरोना के पांच से अधिक मामले वाले क्षेत्र बनेंगे मिनी कंटेनमेंट जोन अमर उजाला ने खबर दी है शक्तिपीठों में पहले नवरात्र पर कम उमडे श्रद्धालु प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी नहीं दिखी रौनक पंजीकरण और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिला श्रद्दालुओं को प्रवेश

हिमाचल दस्तक की सुर्खी है प्री प्राइमरी में आउटसोर्स पर भर्ती होंगे शिक्षक

नमस्कार